प्रधानमंत्री ने कहा भारत में बने कोरोना टीके विदेशी टीकों से सस्ते गुणवत्ता में कोई कमी नहीं

और प्रदेश में कांगड़ा व हमीरपुर को छोड़कर अन्य ज़िलों में सौ से कम हुए कोरोना के सक़िय मरीज़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

प्रधानमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिकों ने भारत में बने टीकों के प्रभावों से संतुष्ट होने के बाद ही इन्हें मंजूरी दी है उन्होंने लोगों से कहा कि वे अफवाहों और टीके के बारे में भ्रामक प्रचार से गुमराह न हो प्रधानमंत्री ने दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र देते हुए लोगों से आग्रह किया कि वे पहली खुराक लेने के बाद मास्क का इस्तेमाल करते रहे और सुरक्षित दूरी बनाए रखें

इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वैक्सीन बनाने में कठिन परिश्रम के लिए वैज्ञानिकों को बधाई दी है

उन्होंने पशुपालन और वन विभाग के अधिकारियों को प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा की दुष्टि से आपसी तालमेल के साथ कार्य करने को कहा मुख्यमंत्री ने सुंदरनगर रिवाल्सर लारजी पंडोह और स्केती खड़ड जलाशयों में आने वाले प्रवासी परिंदों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गोविंद ठाक्र कुल्लू ज़िले में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरूआत शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने क्षेत्रीय अस्पताल कल्लू से की

गोविंद ठाक्र ने कहा कि हमारे देश की इस वैक्सीन पर सभी की नजरें हैं और अनेक देशों को इस वैक्सीन से उम्मीद जगने लगी है टीकाकरण उधर सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में उपायुक्त केसीचमन ने अभियान की शुरूआत की इस अवसर पर अस्पताल की चिकित्सक शालिनी ने स्वयं को टीका लगाकर लोगों के लिए मिसाल कायम की उन्होंने कोरोना वैक्सीन के बारे में स्वास्थ्य कर्मियों सहित अन्य लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत बताई

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्ग दर्शन में देश ने कोरोना से बाखुबी लड़ाई लड़ी है और अब देश के कोरोनामुक्त होने की बारी है अनुराग ठाकर ने कहा कि भारत अवसरों का देश है और भारत के अंदर आपदा को अवसर में बदलने की अनुठी क्षमता है उन्होंने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों के कठिन परिश्रम से ये वैक्सीन भारत में बनी है जो देश की आत्मनिर्भरता के लिए एक बड़ी उपलब्धि है हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना मामलों में कमी दर्ज की गई है

पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं कोरोना महामारी से बचाव के दृष्टिगत मतदान केंद्रों को सैनेटाइज किया जाएगा और मतदान के दौरान मास्क पहनने व सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित किया जाएगा

सुरेश कश्यप ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल व नेता वैक्सीन को राजनीति का विषय बनाकर अपनी छोटी मानसिकता दिखा रहे हैं लेकिन देशभर में हमारे वैज्ञानिकों की साधना को सराहते हुए लोग इस टीकाकरण अभियान का स्वागत कर रहे हैं